राज्य सरकार ने कहा कि बिस्तर उपलब्ध होने पर भी कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बद्रीघर दीवान का निधन मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया

केन्द्र ने पिछले महीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के तहत दो महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की घोषणा की थी मंत्रिमंडल ने आज इस फैसले को अपनी मंजूरी दे दी इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने पांच किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा इस फैसले से देश के करीब अस्सी करोड़ लोगों को लाम होगा अस्पताल बिस्तर निर्देश राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश के अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध होने पर भी कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए नए प्रोटोकॉल के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके तहत स्वास्थ्य विमाग ने प्रदेश के निजी अस्पतालों में उपलब्य बिस्तरों की जानकारी के लिए अधिकारियों के दल बनाए हैं दल के सदस्य निजी अस्पतालों का दौरा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल गर्वमेंट हेल्थ डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन पर बिस्तरों की ँ उपलब्यता की नवीनतम जानकारी दी जाए यह पोर्टल हाल ही में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया गया है इसके माध्यम से कोरोना मरीजों को उपलब्ध बिस्तरों की नवीनतम जानकारी आसानी से मिल रही है साथ ही बिस्तर उपलब्ध होने की स्थिति में किसी भी मरीज को भर्ती होने से वंचित न होना पड़े यदि कोई अस्पताल मरीज को बिस्तर उपलब्ध होने पर भी भर्ती करने से इंकार करता है तो उस अस्पताल के खिलाफ महामारी अधिनियम सहित चिकित्सा संबंधी अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी इस बीच स्वास्थ्य विमाग ने रायपुर में दो निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की सही जानकारी नहीं देने के मामले में नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है वहीं एक अन्य निजी अस्पताल में कोरोना मरीज से से करीब डेढ लाख रूपये ज्यादा लिए जाने की शिकायत पर स्वास्थ्य विमाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए मरीज को अतिरिक्त राशि तत्काल वापस दिलवाई वहीं राजनांदगांव जिले के संदरा गांव स्थित एक निजी अस्पताल का पंजीयन एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है इस अस्पताल र्क खिलाफ रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के दस्तावेज में छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत मिली थी लॉकडाउन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के अधिकांश जिलों में लॉकडाउन पंद्रह मई तक बढा दिया गया है वहीं रायपुर दर्ग बालोद बेमेतरा और सुकमा जिले में लॉकडाउन सत्रह मई की सबह छह बजे तक बढ़ाया गया है इस दौरान रायपुर और दूर्ग जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कुछ अतिरिक्त छूट रहेगी इनमें स्टेशनरी दोपहिया गाड़ियों की रिपेयरिंग के साथ ही होटल से होम डिलीवरी और निजी क्षेत्र के निर्माण कार्यों के अलावा कपड़े धूलाई की द्कानों को भी खोलने की अनुमति शामिल है वहीं रायपुर दर्ग सहित अन्य छब्बीस जिलों में लॉकडाउन के दौरान मोहल्लों और कॉलोनियों के किराना दकान आटा चक्की सब्जी फल और मांस मछली की दुकानें खोलने की अनुमति होगी वहीं पोस्ट ऑफिस और बैंकों को आधे कर्मचारियों के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है साथ ही कृषि संबंधी दकानों को भी खोला जाएगी ये समी सेवाए शाम पांच बजे तक ही संचालित होंगी इसके बाद लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा वहीं रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन होगा इस दिन केवल दवा दुकानों पशुओं आहार संबंधी दुकानों पेट्रोल पम्प और होम डिलीवरी के सेवाओं की अनुमति रहेगी बीजापुर जिले में लॉकडाउन की अवधि बारह मई तक रहेगी आंधप्रदेश में कोरोना के एक नये स्वरूप का पता चला है जो कि बेहद खतरनाक है इस वायरस को बस्तर में फैलने से रोकने के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं इसके तहत आंध्रप्रदेश को बस्तर से जोड़ने वाली सीमा को पूरी सख्ती के साथ सील करने को कहा गया है इस दौरान सीमा के पास आने जाने वालों की कड़ाई से जांच की जाएगी और सीमा पर विशेष निगरानी रखी जाएगी कोरोना समाचार प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के पंदह हजार सात सौ पचयासी नये मामले सामने आए

प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से दो सौ दस लोगों की मृत्यु हुई है इस बीच छत्तीसगढ के लिए कोरोना संक्रमण के विषय में राहत की खबर यह है कि छत्तीसगढ नये संक्रमित मरीजों के मामलों में इस समय देश में तेरहवें स्थान पर है पिछले करीब दो हफ्तों से सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी आने के कारण छत्तीसगढ़ अब देश के प्रमुख संक्रमित राज्यों में नीचे आ गया है वहीं कोरोना महामारी संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रायपुर के डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में कल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टेली ओपीडी सेवा शुरू हुई पहले दिन नौ लोगों ने इस नई सुविधा का लाभ प्राप्त किया कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देने के उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई है इस टेली ओपीडी सेवा के लिए कोई भी मरीज या उनके परिजन शासकीय छदिटयों को छोडकर अन्य दिनों में सुबह साढ़े दस से साढ़े ग्यारह बजे तक डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं इस बीच कोरोना मरीजों के लिए दनियाभर से मिल रही मदद का एक हिस्सा अखिल भारतीय आयर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर को भी प्राप्त हुआ है एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि अभी तक यहां आक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन सिलेंडर और रेपिड डिटेक्शन किट मिल चुकी है इनमें से ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और आक्सीजन सिलेंडर को कोरोना मरीजों को उपलब्ध करा दिया गया है उधर महासमुंद जिले में विभिन्न प्रचार माध्यमों स्थानीय गीत संगीत और दीवार लेखन आदि के जरिए नगरीय और ग्रामीण ईलाकों में कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है जिले के बागबाहरा में मुख्य सड़क के किनारे कोरोना से बचाव संबंधी संदेश देने वाली रंगोली बनाकर आने जाने वालों को इस महामारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है इधर बलौदाबाजार में कोविड केयर अस्पताल की सुविधाओं में विस्तार किया गया है अस्पताल में अब पांच नये वेंटिलेटर स्थापित किए गए हैं इन्हें मिलाकर अब इस अस्पताल में वेंटिलेटर की संख्या बढ़कर तेरह हो गई है वहीं राजनांदगांव में कोरोना मरीजों की मदद के उद्देश्य से जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने अप्रैल महीने का अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराया है इसी तरह कबीरधाम जिले के कर्मचारियों ने भी अपना एक दिन का वेतन जमा कराया है जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल ने सभी कर्मचारियों के एक दिन के वेतन से इकठठा किए गए करीब छह लाख रूपये का चेक कलेक्टर टीके वर्मा को सौंपा मुख्यमंत्री समीक्षा प्रदेश में लगभग बत्तीस हजार सिंचाई पम्पों को बिजली कनेक्शन देने के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी हो गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के बाद स्थिति सामान्य होने पर किसानों के सिंचाई पम्पो को बिजली कनेक्शन देने का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए श्री बघेल ने बिजली विभाग के मैदानी अमले से कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी कर्मचारी कोरोना से बचाव के उपायों का अनिवार्य रूप से पालन करें ताकि उनकी और उनके परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकें मुख्यमंत्री ने इस बात पर संतोष जताया कि कोरोना संक्रमण के कठिन समय में भी बिजली विभाग के मैदानी अमले द्वारा निर्बाध रूप से बिजली के उत्पादन और आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है चर्चा के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से बिजली विमाग के अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों का टीकाकरण जल्द शुरू कराने का अनुरोध किया

इस संबंध में पत्र सचना कार्यालय पीआईबी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे किसी भी अनाधिकृत और अप्रमाणित वेब लिंक पर क्लिंक न करें धोखेबाज वैक्सीन के लिए पंजीकरण के नाम पर ऐसे लिंक भेजकर या प्रतिष्ठित सरकारी संगठन के नाम से फोन कर के धोखाधडी कर सकते हैं पीआईबी ने लोगों से यह भी अनुरोध किया है कि वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल या उमंग या आरोग्य सेत् ऐप के जरिए ही पंजीकरण कराएं और टीका लगवाने का समय लें इस बीच छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क विभाग के आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा ने कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण समय में लोगों को टीका लगवाने और कोरोना से बचाव के लिए उपयक्त व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक करने की अपील की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विभिन्न जिलों के जनसंपर्क अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में श्री सिन्हा ने कहा कि वे सोशल मीडिया के जरिए ग्राम पंचायत स्तर तक अपनी पहंच बनाएं इसके लिए ग्राम पंचायतों के सचिवों रोजगार सहायकों मितानिनों और कृषि विस्तार अधिकारियों के व्हाटसएप ग्रप का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए जनसंपर्क आयुक्त ने जन जागरूकता अभियान में समाज प्रमुखों धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने को भी कहा वहीं प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है ग्रामीणों में भी टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह है अनेक ग्राम पंचायतों में पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को टीके की पहली ख्राक देने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को साथ ही यहां रहने वाली पहाड़ी कोरवा बिरहोर जैसी अत्यंत पिछड़ी जन जातियों में भी टीका लगवाने को लेकर जागरुकता देखी जा रही है कोरोना अमेरिका सहयोग छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका के प्रसिध्द मेयो क्लीनिक के डॉक्टर राज्य सरकार की सहायता करेंगे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस संबंध में मेयो क्लीनिक की डॉक्टर प्रिया संपत कमार से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चर्चा की दोनों पक्षों की चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि मेयो क्लिनिक के डॉक्टरों द्वारा छत्तीसगढ के डॉक्टरों नर्सों और स्वास्थ्यकर्भियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा इसके अलावा राज्य के डॉक्टर छत्तीसगढ़ के मरीजों के संबंध में मेयो क्लिनिक के डॉक्टरों के साथ चिकित्सकीय परामर्श भी कर सकेंगे इस सहयोग से छत्तीसगढ़ के कोरोना मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा सर्टिफिकेट प्रशिक्षण पाठ यक्रम कोरोना महामारी के दौरान मरीजों को तत्काल होने वाली गहन चिकित्सा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन का एक वर्षीय सर्टिफिकेट प्रशिक्षण पाठ्चक्रम शुरू किया जा रहा है इसमें प्रवेश के लिए भौतिकी रसायन और जीव विज्ञान के साथ बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है इस प्रशिक्षण में एक्सरे पैथोलॉजी पैरामेडिकल टेक्निशियन के पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे प्रदेश के रायपुर बिलासपुर जगदलपुर रायगढ राजनांदगांव और अभ्बिकापुर स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम जल्द ही शुरू किया जाएगा विकित्सा शिक्षा विभाग ने इस पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है बद्रीघर दीवान निधन छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और बेलतरा क्षेत्र के पूर्व विधायक बद्रीघर दीवान का निधन हो गया है वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे उन्हें कुछ दिनों पहले बिलासपुर के एक निजी अस्पताल मे भर्ती कराया गया था जहां कल रात उन्होंने अंतिम सांस ली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बद्रीघर दीवान के निधन पर दुख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री दीवान मुद्भाषी और संवेदनशील जनप्रतिनिधि थे उनका निधन प्रदेश के लिये अप्रणीय क्षति है माओवादी गिरफ्तार सुकमा जिले में तलाशी अभियान पर निकले सुरक्षा बलों के जवानों ने चार माओवादियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल धव ने बताया कि इन माओवादियों को चिंतलनार इलाके में मुकरम नाले के पास से गिरफ्तार किया गया इनके पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकडे गए माओवादी बीते पच्चीस अप्रैल को सात गाडियों में आगजनी की घटना के मामले में आरोपी हैं वहीं दंतेवाड़ा जिले में कटेकल्याण थाना क्षेत्र के मुनगा गांव से भी पुलिस ने एक इनामी सहित दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है उधर नारायणपुर जिले में पुलिस को दो माओवादियों के गिरफ्तार किया है जेईई मुख्य परीक्षा स्थगित केन्द्र सरकार ने मई दो हजार इक्कीस में होने वाली जेईई की मुख्य परीक्षा कोरोना महामारी को देखते हए स्थगित कर दी है परीक्षा इस महीने के अंत में होनी थी इस परीक्षा का अप्रैल में होने वाला सत्र पहले ही स्थगित कर दिया गया था केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में कहा कि कोविड की वर्तमान स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है

इसमें विभिन्न कक्षाओं के प्रश्नपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि के अनुसार बारी बारी से अपलोड किए जाएंगे विद्यार्थी इस प्रश्नपत्रों को डाउनलोड करके या वेबसाइट पर देखकर हल कर सकते हैं विश्वविद्यालय के कृलसचिव डॉक्टर सीएल देवांगन ने बताया कि विद्यार्थी घर पर रहकर ही अपनी बनाई हई उत्तर प्रस्तिका में इन प्रश्न पत्रों को हल कर सकते हैं प्रश्नों को हल करने के लिये विद्यार्थियों को कम से कम दस दिन का समय दिया जाएगा कुलसचिव ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थी लॉकडाउन की अवधि में किसी भी प्रकार के भ्रामक समाचारों से परेशान न हों यदि प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखने के लिए इस समय उनके पास घर पर कॉपी या खूले पन्ने उपलब्ध नही हैं तो ऐसे विद्यार्थी लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी उत्तर लिखकर जमा कर सकते हैं मौसम कर्नाटक के ऊपर बने चक्रीय चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंघड़ चलने की भी संभावना है बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में बेमेतरा बीजापुर दुर्ग सहित कुछ अन्य स्थानों पर अंघड के साथ तेज बौछारें पडने के समाचार मिले हैं संक्षिप्त समाचार कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के वनों में संग्रहित की जाने वाली इमली ने वनवासियों को बड़ा आर्थिक संबल प्रदान किया है इस बार इमली का बहत अधिक संग्रहण होने से संग्राहकों को पचास करोड़ रूपये से ज्यादा की आय प्राप्त हुई है छत्तीसगढ़ राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हो रही कठिनाईयों को दूर करने और फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अब फिल्म निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को अधिकृत कर दिया है रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने राशन कार्डघारकों का चावल उनसे अवैध रूप से खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है